मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने बताया कि आयोग के इस निर्देश के बाद सरकार ने योज़ना में नए नाम जोड़ने पर रोक लगा दी है उन्होंने बताया कि आचार संहिता लागू होने को चलते चुनाव आयोग ने प्रदेश में शेष बचे करीब साढ़े छह लाख लोगों को योज़ना में न जोड़ने के निर्देश जारी किए हैं उल्लेखनीय है कि पिछले बजट के दौरान वित्त मंत्री ने इस योज़ना की घोषणा की थी और ये योज़ना इसी वर्ष शुरू की गई थी इस योज़ना के तहत हर चार महीने में पात्र किसानों के खाते में दो हज़ार रूपए डाले जा रहे थे कार्यक्रम भाजपा के चारों संसदीय सीटों के उम्मीदवार आज अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगे हमीरपुर से अनुराग ठाकुर बिलासपुर के बरठीं और डंगार में युवा मोर्चा सम्मेलन में मौजूद रहेंगे शिमला से उम्मीदवार सुरेश कश्यप रेणुका विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करेंगे इसी तरह मण्डी से प्रत्याशी राम स्वरूप शर्मा अपने निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे वहीं कांगड़ा से पार्टी उम्मीदवार किशन कपूर भी अपने संसदीय क्षेत्र में प्रचार पर रहेंगे पार्टी की चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष चंद्रमोहन ठाकुर ने ये जानकारी दी है विलय देना बैंक और विजया बैंक का आज से बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो जाएगा इसके साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा

अनुबंध कर्मचारी प्रदेश में तीन साल का कार्यकाल प्ररा करने वाले करीब पांच हजार अनुबंध कर्मचारी आज नियमित होंगे इसमें पांच साल का कार्यकाल पूरा कर चुके दिहाड़ीदार भी शामिल हैं वहीं पीटीए पैट और पैरा अध्यापकों को भी आज से बढ़े हुए वेतनमान का लाभ मिलेगा गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने चुनाव आचार संहिता से पहले मंत्रिमंडल की बैठक में इन कर्मचारियों को नियमित करने की मंजूरी प्रदान की थी

इसका शुभारम्भ उपायुक्त विवेक भाटिया करेंगे एसडीएम शशिपाल शर्मा ने बताया कि उत्सव के दौरान कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करने के अलावा महिला मण्डलों और स्कूली बच्चों द्वारा भी प्रस्तुति दी जाएगी मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश स्थानों में आज भी मौसम साफ है

वहीं दूसरी ओर रोहतांग दर्रे पर पैदल यात्रियों के लिए तीन माह बाद आवाजाही आज से शुरू हो जाएगी लोगों की सुरक्षा के लिए मढ़ी और कोकसर में बचाव चौकियां स्थापित की गई हैं जिससे लाहौल व कुल्लू में फंसे लोगों को राहत मिलेगी अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है कांगड़ा से पवन काजल होंगे कांग्रेस प्रत्याशी प्रदेशाध्यक्ष राठौर का दावा हाईकमान जल्द करेगा प्रत्याशी के नाम का औपचारिक एलान पंजाब केसरी का शीर्षक है कांगड़ा चम्बा से काजल ही होंगे उम्मीदवार अजीत समाचार के अनुसार पवन काजल होंगे कांग्रेस के कांगड़ा से उम्मीदवार राठौर ने सभी अटकलों को दिया विराम दैनिक भास्कर की एक खबर है सीएम के आदेशों को दरकिनार कर मैं भी चौकीदार कार्यक्रम से दूर रहे अनिल कहा भाजपा नेतृत्व को बता चुका हूं कि बेटे के खिलाफ नहीं करूंगा प्रचार दिव्य हिमाचल के शब्द हैं पिता पुत्र के चक्कर में बुरे फंसे अनिल शर्मा जबकि दैनिक जागरण का कहना है अनिल ने नहीं माना पार्टी का आदेश होगी कार्रवाई रोहतांग दर्रे पर पैदल यात्रियों के लिए आवाजाही आज से शीर्षक से आपका फैसला लिखता है लोगों की सुरक्षा के लिए मढ़ी और कोकसर में बचाव चौकियां स्थापित दैनिक भास्कर की एक खबर है कांगड़ा एयरपोर्ट से जयपुर और दिल्ली के लिए दो फ़लाईट शुरू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

नमस्कार